श्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आतंकवाद के बढते खतरे के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है

श्री मोदी ने एकता दिवस परेड में भाग लिया और राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई वहीं प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल आज रात सवा नौ बजे सरदार पटेल के जीवन और कार्यों पर एक विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेगा इस कार्यक्रम का शीर्षक सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता के वाहक है सरदार पटेल जयंती प्रदेश में आज भोपाल में राष्ट्रीय एकता दिवस पर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई गई अन्य जिलों में भी सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं खंडवा में अपर कलेक्टर नन्दा भलावे कुशरे ने शपथ दिलाई बड़वानी के शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में ऑनलाइन सभा का आयोजन किया गया सतना में सांसद गणेश सिंह ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया वहीं पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई श्योपुर में कलेक्टर राकेश कुमार श्रीवास्तव ने देश की एकता अखण्डता और सुरक्षा के लिए सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई उज्जैन में शपथ का दायित्व पुलिस अधीक्षक सत्येन्द्र कुमार शुक्ल ने निभाया बैतूल में पुलिस अधीक्षक कार्यालय और संयुक्त जिला कार्यालय भवन में शपथ ग्रहण समारोह हुआ सागर के डाक्टर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय में कुलपति प्रोफेसर जनकदुलारी आही ने राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई वहीं सीहोर के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के एनएसएस स्वयंसेवकों ने नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया

इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं इस बार कोरोना संक्रमण के चलते कोई बड़ा कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा रहा है इस अवसर पर राजधानी भोपाल समेत प्रदेशभर के शासकीय भवन रंग बिरंगी विद्युत रोशनी से जगमगाते नजर आ रहे हैं

श्योपुर और खंडवा में भी सरकारी भवनों पर प्रकाश व्यवस्था की गई है

प्रचार के अंतिम दौर में दोनों प्रमुख दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है आज आगरमालवा जिले के आगर और देवास जिले के हाटपिपल्या विधानसभा सीटों के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कांग्रेस उम्मीदवारो के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित किया उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल आगरमालवा जिला मुख्यालय और हाटपिपलिया क्षेत्र में रोड शो करेगें उधर कांग्रेस के पूर्व वन मंत्री उमंग सिंघार ने आज धार में पत्रकारों से चर्चा करते हुए भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पर गंभीर आरोप लगाए

वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आज बदनावर में प्रचार किया उधर शिवपुरी जिले के पोहरी विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक आम सभा को संबोधित किया इस दौरान चौहान ने आरोप लगाए कि कमलनाथ सरकार ने जनता से जुड़ी योजनाओं को बंद कर दिया था वही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कमलनाथ सरकार में वल्लभ भवन भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था

यह जानकारी देते हए अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अरुण कुमार तोमर ने बताया कि कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है चूंकि मतदान का समय बढ़ाया गया है इसलिए प्रचार का समय भी एक घण्टा बढ़ा दिया गया है

रायर्सन में जिला निर्वोचन अधिकारी उमाशंकर भार्गव और पुलिस अधीक्षक मोनिका शुक्ला ने सांची विधानसभा क्षेत्र के मतदान केन्द्रों का निरीक्षण किया अशोकनगर में मतदाताओं को ्र जागरुक करने के लिए थर्ड जेण्डर की मदद ली जा रही है वहीं चुनाव आयोग की टीम लोगों को ईवीएम और वीवीपैड की कार्यप्रणाली समझा रही है ग्वालियर में विद्यार्थियों के लिए मताधिकार के उपयोग पर वीडियो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया

श्योपुर में कोरोना संकमण की रोकथाम के लिए थर्मल स्कीनिंग से लेकर सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है

जन आंदोलन प्रख्यात अभिनेता राजा बुन्देला ने कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनने बार बार हाथ धोने और दो गज की दूरी का पालन करने की अपील की है

बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम श्रीरामचरित मानस गान की शुरुआत का श्रेय भी आकाशवाणी भोपाल को जाता है इसी तरह सबसे पहले लाइव फोन इन कार्यक्रम की शुरुआत भी यहीं से हुई थी यहां से प्रतिदिन मीडियम वेव डीटीएच और मोबाइल एप पर श्रोताओं के लिए सत्रह घण्टे का प्रसारण किया जा रहा है

वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने चुनाव आयोग द्वारा स्टार प्रचारक का दर्जा हटाने के बाद सर्वोच्च न्यायालय में आज इस आदेश को चुनौती दी

अभी तक कोरोना संकमण के कारण मुलाकात पर रोक थी

कल से सात हजार की बजाय पन्द्रह हजार श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे